झारखंड के बारह जवानों सहित नौ सौ छब्बीस पुलिस कर्मियों को कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पदक देने की घोशणा की गई चौहतरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद अबसे कुछ देर बाद सात बजे राश्ट्र को करेंगे संबोधित भाहरी क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की हुई भारूआत सौ दिनों की रोजगार गारंटी नहीं तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता राज्य में आज कोरोना संक्रमण के कारण दो लोगों की मौत हो गई दोनों मृतक जमशेदपुर के रहने वाले थे इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या दो सौ ग्यारह हो गई है राज्यभर में अब तक कुल बीस हजार नौ सौ पचास लोग संक्रमित पाये गये हैं वहीं राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर बासठ प्रतिशत से अधिक हो गई है जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या सात हजार सात सौ छब्बीस है

रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कृज्जु बाजार टाँड़ और कृज्जु नर्सिंग होम के पास बनाए गए कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्सेस की टीम द्वारा लोगो की स्वास्थ्य जांच की गई टीम द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान लोगों से हाल के दिनों में उनके अन्य राज्यों से संबंधित यात्राएं तापमान जांच कोरोना संबंधित लक्षणों सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली गई और जिनमें भी कोरोना संबंधित लक्षण पाए गए उन्हें कोरोना जांच की सलाह दी गई

सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविन्दर सिंह इस परिचर्चा में भाग लेंगे

दो सौ पंद्रह पुलिसकर्मियों को विशिष्ट साहसिक कार्रवाई के लिए वीरता का पुलिस पदक दिया जाएगा वीरता पुरस्कार पाने वालों में झारखंड के बारह पुलिस के जवानों के नाम शामिल हैं झारखंड के पुलिस पदाधिकारियों में आइपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा एएसर्पी दीपक कुमार विभाष तिर्की हेमंत कुमार चौधरी अजीत कुमार संजीव कुमार सिंह संगू कुमार सिंह विमलेश कुमार त्रिपाठी जुरेंद्र सोय शशि रंजन कुमार पांडे राजेश कुमार साह और तसादुक अंसारी को पदक प्रदान किया जायेगा

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल शाम सात बजे आकाशवाणी रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा इस कार्यक्रम को राज्य में स्थित सभी आकाशवाणी केंद्रों से रिले किया जाएगा मुख्यमंत्री के संदेश के ठीक बाद स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट का भी प्रसारण किया जाएगा मुख्यमंत्री के संदेश और विशेष रेडियो रिपोर्ट के कारण आकाशवाणी रांची से शाम सात बजे प्रसारित होनेवाला प्रादेशिक समाचार कल शाम छह बजकर चालीस मिनट पर होगा जबकि जिले में आजकल और समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम का प्रसारण स्थगित रहेगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह नौ बजे झंडोत्तोलन करेंगे कोरोना संक्रमण के चलते विद्यायकों और सांसदों को फोन से ही समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है इस बार पास जारी नहीं होने के कारण सांसद विधायक के अलावा किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे

इधर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कल रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है सुबह छह बजे से रात दस बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी समारोह में भाग लेने वाले पदाधिकारियों कोरोना वारियर्स और मीडिया वालों के वाहनों को छोड़कर अन्य का प्रवेश बंद रहेगा राज्यपाल द्रौपदी मुर्म मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची स्थित आर्यभटट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य का प्रतीक चिहन जारी किया

राज्यपाल द्रौपदी मुर्म आज दोपहर बाद उपराजधानी दुमका पहचीं राज्यपाल कल सुबह नौ बजे दुमका पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण करेगी और मिली जुली पैरेड की सलामी लेंगी इस मौके पर राज्यपाल लोगों को संबोधित करेंगी और कोरोना वारियर्स को सम्मानित भी करेंगी

यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा

चौहतरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को फिटनेस का संदेश देने के लिए चाईबासा में जायंटस ग्रव की ओर से फ्रिडम फॉर फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में शहरी क्षेत्र के प्रवासी मजदुरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की इस योजना के अंतर्गत सौ दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा आकांक्षी जिला पश्चिमी सिंहभूम अब नीति आयोग के चैंपियंस ऑफ चेंज नामक नए डैशबोर्ड संस्करण से जुड गया है

जामताडा साइबर पुलिस ने करमाटांड थाना के शिखरपोसनी गांव से कल पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है

आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो थाना अंतर्गत डारियो की पहाड़ी पर अभियान के दौरान जिला पुलिस और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम के साथ प्रतिबंधित पीएलएफआई के दस्ते की मुठभेड हई

वहीं राजधानी रांची में कल आसमान में बादल छाए रहेंगे साथ ही मध्यम दर्जे की बारिश भी होगी